वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा पर्यटन के क्षेत्र को राज्य सरकार नई उंचाइयों पर ले जाएगी

प्रहलाद पटेल केन्द्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है कि पर्यटन मंत्रालय ने टूरिस्ट गाइड की गुणवत्ता में सुधार की कई योजनाएं बनाई हैं इससे विदेशी और घरेलू पर्यटकों को किसी भी पुरातत्व स्मारक की सही जानकारी मिल सकेगी

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि राज्य में निजी क्षेत्र के सहयोग से पर्यटन के विकास को नई ऊंचाई देने का प्रयास सरकार कर रही है और पर्यटन के क्षेत्र में निवेशकों को प्रोत्साहित किया जाएगा मुख्यमंत्री ने कल छिन्दवाड़ा जिले के पर्यटन स्थल पातालकोट के पास तामिया में एक रिसॉर्ट का शुभारंभ करते हुए कहा कि इस रिसॉर्ट के खुलने से प्रदेश और देश के लोग यहां की विशेषता के बारे में जान सकेंगे उन्होंने कहा कि आज विंध्य का व्यक्ति तामिया के बारे में नहीं जानता निमाड़ और मालवा के लोग विंध्य को नहीं जानते इसलिए जरूरी है कि प्रदेश के विभिन्न अंचलों में इस तरह की पर्यटन गतिविधियों का विकास हो एक अंचल के लोग दूसरे अंचल के बारे में जाने मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही तामिया में मंत्रि परिषद की बैठक आयोजित होगी इस क्षेत्र के लघ् उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाएगा

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सक और चिकित्सा सेवा से जुड़े कर्मचारी अपनी सोच और रवैये में परिवर्तन लायें जिससे चिकित्सा की नई तकनीकों और संसाधनों का मानव हित में बेहतर उपयोग किया जा सके श्री कमलनाथ ने कहा कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना के बाद छिन्दवाड़ा मेडिकल हब बन चुका है इसका सीधा लाभ अब जिले के अलावा सिवनी बालाघाट बैतूल और नरसिंहपुर जिले के लोगों को भी मिल रहा है नसबंदी आदेश राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को पुरुष नसबंदी का लक्ष्य पूरा नहीं करने पर वेतन वृद्धि रोकने और अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का पिछले दिनों जारी आदेश रद्द दिया है इसके साथ ही सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश की संचालक छवि भारद्वाज को पद से हटाकर मंत्रालय में ओएसडी पदस्थ कर दिया है

इससे पहले विपक्षी दल भाजपा ने आदेश का विरोध करते हुए इसे कर्मचारी विरोधी बताया था पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि राज्य में अघोषित आपातकाल है स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रयास में कमी हो तो सरकार कार्रवाई करे लेकिन लक्ष्य पूरे नहीं होने पर वेतन रोकना और सेवानिवृत्त करने का निर्णय तानाशाही से भरा कदम है तबादले प्रदेश सरकार ने बैतूल छतरपुर सतना के जिला कलेक्टरों के तबादले किये हैं कल जारी आदेश के अनुसार नगरीय प्रशासन एवं विकास अपर आयुक्त राकेश सिंह को बैतूल का नया जिला कलेक्टर पदस्थ किया गया है वहीं अजय कटेसरिया सतना के जिला कलेक्टर और राजस्व विभाग के उपसचिव शैलेन्द्र सिंह को छतरपुर का कलेक्टर नियुक्त किया गया है बैतूल कलेक्टर रहे तेजस्वी एस नायक को उपसचिव राजस्व विभाग बनाया किया गया है कन्या छात्रावास अशोकनगर में लगभग ढाई करोड़ रुपए लागत का प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया है

छात्रवास का निर्माण जिला मुख्यालय पर लगभग ढाई करोड़ की लागत से किया जाएगा

इसमें किसानों का ऋण माफ होगा और उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किये जाएंगे कार्यक्रम खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री और जिले के प्रभारी प्रद्यम्न सिंह तोमर के मुख्य आतिथ्य के रूप में शामिल होंगे

खेलो इंडिया विश्वविद्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्याम से आज ओडिशा में देश के पहले खेलो इंडिया विश्ववविद्यालय खेलों का श्भारंभ करेंगे कटक के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में विभिन्न स्पर्धाएं होंगी खेल समारोह में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू सहित अनेक जानी मानी हस्तियां और खिलाड़ी शामिल होंगे

मौसम प्रदेश के उत्तर पश्चिम हिस्से में बने ट्रफ लाइन के कारण रीवा और शहडोल संभाग के जिलों के अलावा कई स्थानों पर हल्की बारिश के आसार है इसे कई स्थानों पर हल्के बादल छाए हैं मौसम विज्ञान केन्द्र भोपाल के अनुसार आज रीवा शहडोल संभागों के जिले के साथ ही टीकमगढ़ ग्वालियर शिवपुरी दतिया अशोकनगर और भिंड जिले में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है राजधानी भोपाल में मौसम पूरी तरह से साफ रहा धूप के तेवर से गर्मी का अहसास हआ यहां मौसम एक दो दिन बाद तापमान में और बढोतरी हो सकती है